केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बढ़ते कोरोना मामलों पर जताई चिंता लोगों से कोविड मानकों के पालन का किया आग्रह

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है इसके मुताबिक अब स्कूली बच्चों के अलावा शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को भी छुट्टी रहेगी केवल वही अध्यापक शिक्षण संस्थान आएंगे जिनकी परीक्षा डयूटी लगी है

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कोरोना की स्थिति को लेकर भी बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तुति दी इसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति व वैक्सीनेशन जानकारी दी गई प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर भी मंत्रिमण्डल में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सभी विभागों को साथ एक बैठक होगी जिसमें सूखे से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी

उन्होंने कहा कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नये मामलों में तेजी आई है उन्होंने लोगों से कोविड मानकों के पालन की अपील की है

टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है

लाहौल कोरोना लाहौल स्पिति जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टैस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि जिले में प्रवेश करने के लिए अप्रवासी श्रमिकों और अन्य व्यापारियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी

इस अवसर पर उन्होंने चम्बा का लोगो व चलो चम्बा मोबाईल एप्प भी जारी किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा जिले में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं और चलो चम्बा अभियान का उद्देश्य जिले के अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करना है उन्होंने बताया कि चम्बा जिले को केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी जिला योजना में शामिल किया गया है और इससे जिले को गरीबी व पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए नई दिशा मिलेगी इस अवसर पर चम्बा में तीन दिन तक चलने वाली मोटर कार व बाईक रेसिंग रैली शुरू हुई

योगासन राज्य योगासन संघ ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से योगासन को विश्वविद्यालय स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की मांग की है संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में राज्यपाल से भेंट कर ये आग्रह किया संघ के महासचिव विनोद योगाचार्य ने कहा कि योगासन को स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने से एक ओर जहां विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बेहतर होगा वहीं उन्हें नशे से भी बचाया जा सकता है राज्यपाल ने संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की इस अवसर पर संघ के प्रदेश योगासन संघ के अध्यक्ष प्रोफैसर जीडी शर्मा के अलावा अजय श्रीवास्तव और पीके आहलूवालिया व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर नगर निगमों में नवनिर्वाचित पार्षदों के जोड़ तोड़ का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि भाजपा नवनिर्वाचित पार्षदों पर दबाव बना रही है और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनावों में भाजपा की हार हुई है और इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को बधाई दी है

प्रभावितों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर परियोजना प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया प्रभावितों ने कहा कि लाडा के तहत उनके खाते में एक प्रतिशत राशि जमा होती है लेकिन पिछले तीन वर्षो से इसका भुगतान नहीं हुआ है

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि शपथ के तुरंत बाद दोनों नगर निगमों के लिए महापौर और उपमहापौर का चुनाव होगा पत्रिका राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में सेंट बीडस महाविद्यालय शिमला द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाएं जारी कीं राज्यपाल ने कहा कि शोध पत्र और पत्रिका के विभिन्न विषय ज्ञानवर्धक होने के साथ सूचना के मुख्य स्रोत हैं और इनका शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा हिमाचल दिवस हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मण्डी जिले के पधर में आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे हिमाचल दिवस की तैयारियों के संबंध में मण्डी में आज उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई उन्होंने बताया कि राज्यस्तरीय समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा और समारोह स्थल पर जिला रैडकॉस सोसायटी के स्वयंसेवी लोगों को सही तरीके से मास्क पहनने को लेकर जागरूक करने के साथ उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने की व्यवस्था भी देखेंगे